सबसे अधिक सिवान के बीस लोग महामारी से संक्रमित

बिहार में कोविड उन्नीस के बारह और नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या इक्यावन हो गई है प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित सत्रह लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं राज्य सरकार ने सिवान को अलर्ट पर रखा है और इसकी सीमाएं सील कर दी गयी हैं इसके लिये बिहार सैन्य पुलिस की पांच कंपनियों को वहां भेजा गया है जिले से बीस लोग अब तक संक्रमित हुए हैं इधर बेगूसराय जिले में संक्रमण का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने समस्तीपुर जिले की सीमाओं को सील कर दिया है नवादा पूर्वी चंपारण और बेगूसराय जिले की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है संक्रमण के मामले सामने आने के बाद मुंगेर के प्रुलिस अधीक्षक कार्यालय को सेनेटाइजेशन जोन में बदल दिया गया है राज्य में अब तक एक व्यक्ति की मौत कोविड उन्नीस महामारी से हुई है जो मुंगेर का रहने वाला था देश में पिछले चौबीस घंटें में कोविड उन्नीस की प्रष्टि के नए मामले सामने आने के बाद कोविड संक्रमण की पुष्टि वाले मामलों की संख्या पांच हजार आठ सौ पैंसठ हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक चार सौ सतहत्तर लोग ठीक हो गए हैं और एक सौ उनहत्तर लोगों की मौत हुई है राज्य सरकार ने कोविड उन्नीस के संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों से जांच के लिए सामने आने की अपील की है सरकार द्वारा मुफ्त जांच और इलाज की समूचित व्यवस्था की गयी है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन लोगों का मार्च के दौरान विदेश यात्रा का इतिहास रहा है उन्हें जांच के लिए खुलकर सामने आना चाहिए ताकि रोकथाम के समुचित उपाय किये जा सके श्री कुमार ने कहा कि कोविड उन्नीस महामारी से संयुक्त प्रयासों से ही निपटा जा सकता है मुख्यमंत्री ने आज पटना में मूख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की इसमें निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस संक्रमण के अधिक मामलों यानी हॉट स्पॉट और आसपास के इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया जायेगा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जो लोग आइसोलेशन केन्द्र में रह रहे हैं उन्हें उचित परामर्श दिया जाये इसके अलावा श्री कुमार ने पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन केन्द्र के लिये होटल और अन्य भवनों की व्यवस्था करने को कहा मुख्यमंत्री ने कोविड उन्नीस के इलाज में लगे चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षा उपकरण फेस मास्क और अन्य आवश्यक चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड उन्नीस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इससे निपटने के प्रयास और तैयारी बढ़ा दी गई हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि गंभीर मामलों के लिये डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर और अस्पताल बनाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र ने राज्यों से अस्पताल बनाने और संक्रमति लोगों के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने और निगरानी के प्रयास जारी रखने को कहा है साउंड बाईट चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए सेंट्रल गवरमेंट और राज्य सरकार में सीरिज ऑफ मेजर्स लिये जा रहे हैं जैसे जैसे देश में केसेस की संख्या बढ़ रही है उसी के साथ जो रिस्पान्स हैं वो भी उसी से कमिसरेट रूप में हम बढ़ाते जा रहे हैं

गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि केन्द्र ने पंजीकृत भवन निर्माण कामगारों के लिए एक हजार से छह हजार रुपये के नकद लाभ की घोषणा की है संयुक्त सचिव ने कहा कि इसके तहत अब तक दो करोड़ पंजीकृत कामगारों को तीन हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं साउंड बाईट हॉटस्पॉट्स लॉकडाउन मेजर्स को राज्य सरकारों द्वारा और भी बढ़ा दिया गया है खासकर उन लोकोलिटीज में कम्यूनिटी लीडर की मदद से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा रही है असेंशियल कमोडिटीज और सर्विसिज की स्थिति संतोषजनक हैं संगावना है कि कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग अथवा होडिंग करें

केन्द्र ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार इसके लिए ट्रक और कार्गो की समूचित व्यवस्था कर रही है साउंड बाईट सड़कों पर आवश्यक वस्तुओं के सुचारू परिचालन के लिए वैध लाइसेंस और कागजातों सहित ट्रक ड्राइवरों के साथ एक अतिरिक्त व्यक्ति को रहने की अनुमति प्रदान की गई है देशभर में चिकित्सा और वित्तीय आपूर्ति की सेवा को सुनिश्चित कर रहे भारतीय डाक सेवा की लाल वैन सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं भारतीय वायसेना भी पूरे देश में नियमित रूप से चिकित्सा आपूर्ति और आपातकालीन उपकरण ले जा रही है ई रिक्शा के माध्यम से हर घर में सब्जियों की आपूर्ति करने के लिए अहमदाबाद नगर निगम द्वारा उठाई गई एक अनूठी पहल अब देश मर में दोहराई जा रही है

वहीं दूसरी ओर एफसीआई राज्यों में आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए भारतीय रेलवे के माध्यम से खाद्यान्न का परिवहन कर रहा है

सुपर्णा सेकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी

इस राहत पैकेज की पिछले महीने घोषणा की गई थी सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह राशि हर एक खाते में पहुंच गई है और लाभार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बैंक से निकाल सकते हैं

लॉकडाउन के कारण पैदा हुई दिक्कतों में राहत देने के लिए यह फैसला किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बचाना है श्री मोदी ने कहा कि देश कड़े निर्णय करने को विवश हो गया है और निगरानी जारी रखनी होगी संसद में वीडियो कॉन्फेंस के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारों जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बदलती परिस्थितियों में देश को अपनी कार्य संस्कृति और काम करने की शैली में बदलाव का प्रयास करना चाहिए

केन्द्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पंद्रह हजार करोड़ रूपये के पैकेज को मंजूरी दी है आपातकालीन कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी नाम के इस पैकेज का उद्देश्य जरूरी उपकरणों दवाओं की खरीद और स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करना है कोविड महामारी के इस दौर में केन्द्र और राज्य सरकारों की स्वास्थ्य क्यवस्था को इससे बेहतर और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी इस पैकेज के लिए पूरा धन केन्द्र सरकार उपलब्ध कराएगी दो हजार बीस से मार्च दो हजार चौबीस तक इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा पहले वर्ष में कोविड महामारी से निपटने में सात हजार सात सौ चौहत्तर करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे शेष राशि अगले तीन वर्षों में उपयोग में आयेगी उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के रोगियों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के लिए समुचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं क्योंकि इस महामारी के खिलाफ संघर्ष में वे देश की पहली रक्षा पंक्ति हैं डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ अंतरिम निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्याय मूर्ति एसरविन्द्र भट्ट की पीठ ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल के हमले को लेकर चिंता व्यक्त की केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का पर्याप्त भंडार है गौरतलब है कि कोविड उन्नीस के इलाज में इस दवा का उपयोग किया जाता है भारत इस दवा का विश्व में सबसे बडा उत्पादक और निर्यातक भी है केंद्र सरकार ने उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि कोविड उन्नीस के कारण सभी होटल और रेस्त्रां पंद्रह अक्तूबर दो हजार बीस तक बंद रहेंगे पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि इस संबंध में सोशल मीडिया में चल रही खबरें निराधार हैं और पर्यटन मंत्रालय ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है कोविड उन्नीस महामारी के प्रसार पर अंकुश लगाने में सामाजिक दूरी बनाये रखने में काफी मदद मिलती है जीबी पंत अस्पताल दिल्ली के डॉ संजय पांडेय ने सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सामान्य फ्लू और कोविड उन्नीस के शुरूआती लक्षण एक जैसे होते हैं

बट ऑक्सीजन और मामूली से सपोर्ट से उसमें काफी पेसेंट बाहर आ जाते हैं पांच से दस पेसेंट ऐसे हो सकते हैं जिनमें सांस की दिक्कत ज्यादा हो सकती है और यह तकलीफ आमतौर पर उन मरीजों को होती है जिनको पहले से कछ हायपरटरान है डायबिटीज है सांस की दिक्कत है या उनकी ऐज ज्यादा है अगर कोई रिस्क फैक्टर आपके साथ है तो उस कडीशन में आपको ज्यादा सावधानी बरतनी है डाक्टर पांडेय ने कहा कि गर्मी बढने से कोरोना वायरस का प्रभाव कम होगा या नहीं पक्के तौर नहीं कहा जा सकता है

माना जा रहा है कोरोना वायरस के ऊपर भी हिट का इफेक्ट हो सकता है और यह संमव है जैसे जैसे टैक्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोरोना वायरस का इफेक्ट कम होगा लेकिन कोरोना वायरस एक बिल्कूल नया वायरस है जिसके बारे में अमी हमें पूरी जानकारी नहीं है तो इस बारे में कोई भी अनुमान लगाना सही नहीं है वहीं लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉ नरेश गुप्ता ने कहा कि इस कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अभी कोई प्रमाणिक औषधि नहीं है साउंड बाईट तीन महीने में यह देखा गया है कि कुछ एंटी वायरल दवाइयां हैं जो कि इसमें कारगर हो सकती हैं इसका वैक्सीन एक तरह से बन गई है लेकिन जब तक वैक्सीन के ऊपर रिसर्च नहीं हो जाएगी तब तक वो मार्केट में नहीं आएगी

आईसीएमआर ने कहा है कि वो डेली जाए लेकिन कॉमन मैन के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि हम देकर ये कहें कि वो उससे बचाव होगा डाक्टर गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस की चपेट में बुजुर्ग ही नहीं युवा भी आ सकते हैं साउंड बाईट जब वायरस हवा में आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि बुजुर्ग है कि ये एडल्ट है कि ये कोई और है वो सबको इफेक्ट करता है लेकिन ज्यादातर में जैसे बताया कि झेल लेते हैं उसे कइयों को तकलीफ नहीं भी होती है कईयों को हल्की तकलीफ होती है और उस केटगरी में बच्चे और यंग एडल्ट आते हैं ब्रज़र्ग लोग जो हैं वो झेल नहीं पाते हैं और उनका मिशन का चांस है जो वो सीरियस हो जाते हैं उनका अस्पताल में जाने का रिस्क बढ़ जाता है जाने माने गीतकार संगीतकार और अभिनेता शंकर महादेवन ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लोगों से घर में रहने की अपील की साउंड बाईट ये जो कोरोना वायरस के अगेनस्ट लड़ाई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें हाथों को अच्छी तरह धोएं घरों में रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें

गया जिले के बाराचटटी प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी शिवशंकर झा को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है डॉक्टर झा पर इलाज के लिये आये मरीजों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है वहीं शेखपुरा जिले में बरबीघा के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को क्वारेंटीन केन्द्रों में अव्यवस्था के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद सिंह ने कहा है कि कटिहार जिले में लॉकडाउन के मद्देनजर नौ हजार से अधिक प्रवासी मजदूरों के आवासन और खाने पीने की व्यवस्था की गयी है उन्होंने बताया कि अब तक साढ़े आठ हजार लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गयी जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तीन दुकानदार सहित छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है रोहतास के जिलाधिकारी ने बैंक शाखाओं और ग्राहक सेवा कोन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के निर्देश दिये हैं अररिया जिले में एक क्वारेनटाइन सेंटर से सोलह संदिग्ध फरार होने के बाद जांच के आदेश दिये गये हैं मुख्यमंत्री राहत कोष में राज्य के आईपीएस अधिकारियों ने नौ लाख पैंसठ हजार नौ सौ रूपये का अंशदान किया है पूर्वी चंपारण जिले में एनसीसी कैडेटों के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराया जा रहा है

सबसे अधिक सिवान के बीस लोग महामारी से संक्रमित